केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे जारी किया रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ मिलकर इस दवा को विकसित किया है भारतीय औषधि महानियंत्रक ने हाल ही में इस दवा के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी थी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि टू डी जी दवा आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर है श्री सिंह ने कहा कि संकट के समय में यह दवा आशा की नई किरण लेकर आई है वहीं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकने में यह दवा काफी हद तक प्रभावी है हमारे संवाददाता ने बताया है कि डॉक्टर रेड्डीज लैब अगले महीने से ट्र डी जी दवा का अधिक मात्रा में उत्पादन करेगी और यह दवा केवल अस्पतालों द्वारा कोविड मरीजों को दी जायेगी नैदानिक परीक्षण परिणामों से पता चला है कि यह दवा अस्पताल में भर्ती रोगियों को तेजी से स्वस्थ होने में मदद करती है और बाहर से ऑक्सीजन की निर्भरता को कम करती है

महामारी को विरुद्ध तैयारी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर डीआरडीओ ने टू डीजी के चिकित्सीय अनुप्रयोग विकसित करने की पहल की थी ग्लूकोज का एक जेनरिक मौलिक्यूल और एनालॉक होने के नाते इसका उत्पादन आसानी से हो सकेगा और देश में बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराया जा सकेगा यह दवा पाउडर के रूप में आती है और इसे पानी में घोलकर आसानी से लिया जा सकेगा ट्र डीजी दवा वायरस से संक्रमित मरीज की कोशिकाओं में जाकर उसे बढ़ने से रोकती है इस दवा से संक्रमित व्यक्तियों की जीवन रक्षा हो सकेगी और कोविड मरीजों के अस्पताल में रहने की अवधि को भी कम करेगी

न्यायालय ने कहा है कि टीकाकरण सेंटरों में लंबी लाइनों से बचने के लिए अंत्योदय बीपीएल एपीएल और सामान्य वर्ग के बचे हुए टीके का भी इस्तेमाल किया जाए इस बीच प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान जोरशोर से जारी है

प्रदेश को इस आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए अब तक करीब आठ लाख टीकों की आपूर्ति हुई जिन्हें सभी जिलों को वितरित कर दिया गया है अंत्योदय बीपीएल एपीएल और फंटलाइन वर्कर्स के लिए सभी जिलों में टीके उपलब्ध हैं उधर सरगुजा जिले के मैनपाट में तिब्बतियों का शत प्रतिशत टीकाकरण हो चुका है यहां पैंतालीस से अधिक उम्र के पांच सौ तीन लोगों में से सभी को टीका लग चुका है

यहां तिब्बतियों के अलावा मांझी जनजाति के लोग भी रहते हैं जिन्हें टीका लगवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है

इसी तरह जिला न्यायालय दुर्ग में आज विशेष शिविर लगाकर दौ सौ से अधिक न्यायालयीन अधिकारियों कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को कोरोना टीका का पहला डोज लगाया गया कोरोना समाचार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है राज्य में संक्रमण दर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है कल सोलह मई को संक्रमण दर का आंकड़ा नौ प्रतिशत दर्ज किया गया जबकि पिछले महीने संक्रमण दर तीस प्रतिशत तक जा पहुंची थी इस बीच राज्य में कल कोरोना संक्रमण के चार हजार आठ सौ अट्ठयासी नये मामले सामने आए इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की कुल संख्या नौ लाख बारह हजार से अधिक हो गई है वर्तमान में एक लाख तीन हजार से ज्यादा मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण की वजह से एक सौ चवालीस लोगों की मृत्यु हुई है वहीं राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए तेरह लाख अठहत्तर हजार से अधिक कोरोना के संदिग्ध मरीजों को दवाइयों की किट वितरित की गई है यह किट गांवों में मितानिनों और सर्विलेंस टीमों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है उधर राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव में वैद्य महेश गंजीर ने विभिन्न प्रकार के औषधीय जड़ी बूटियों का उपयोग कर काढ़ा तैयार कर कोरोना संक्रमण काल में काम कर रहे पुलिस पत्रकारों और अन्य फ़ंटलाइन वर्कर्स को वितरित किया है इसी तरह बेमेतरा में किसान नेता योगेश तिवारी द्वारा कोरोना मरीजों के लिए निःशुल्क सेवाएं शुरू की गई हैं उनके द्वारा मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर का वितरण किया जा रहा है इधर बिलासपुर में सामाजिक कार्यकर्ता अभिजीत मित्रा और उनकी टीम द्वारा पिछले डेढ़ साल में कोरोना से मृत पैंसठ से अधिक लोगों का विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया जा चुका है मुख्यमंत्री अपील प्रदेश में जारी लॉकडाउन के बीच राज्य सरकार ने आज से अधिकांश जिलों में व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन में कुछ छूट दी है इसके तहत रायपुर सहित कई जिलों में व्यापारिक प्रतिष्ठानें सुबह छह बजे से शाम पांच बजे तक खुले रहें इस दौरान कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सम विषम के तहत व्यापार व्यवसाय का संचालन किया गया इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों से कोविड अनुकूल व्यवहार का सतत् रूप से पालन करते रहने की अपील की है श्री बघेल ने कहा है कि हम सभी ने बड़ी मुश्किल से कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित किया है हमें हर हाल में तीसरी लहर की आशंका को समाप्त करना है उन्होंने कहा कि सभी के समन्वित प्रयासों से कोरोना संक्रमण दर को तीस से नौ प्रतिशत तक लाने में कामयाब हुए हैं कोरोना की स्थिति में तेजी से हो रहे सुधार को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन के प्रतिबंधों में थोड़ी छूट देने का निर्णय लिया है इस दौरान भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है मास्क सोशल डिस्टेंसिंग और सैनेटाईजर का उपयोग करते रहना होगा मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए अपनी बारी आने पर टीका अवश्य लगावाएं जिन लोगों को टीका का पहला डोज लग गया है वे निर्धारित समय अवधि के बाद टीके का दूसरा डोज अवश्य लगवाएं तभी इस महामारी पर विजय प्राप्त कर सकेंगे उधर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कोरोना महामारी से लड़ने और कोरोना प्रभावितों की हरसंभव मदद के लिए साहू समाज से आग्रह किया है गृहमंत्री कल वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश स्तरीय साहू समाज के पदाधिकारियों द्वारा आयोजित वेबिनार में शामिल हुए उन्होंने सामाजिक पदाधिकारियों से कहा कि वे कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अपने जिलों में अधिक से अधिक लोगों को मास्क वितरण करें और टीकाकरण के लिए जागरूक करें

मुख्यमंत्री ने श्री गोयल को भेजे पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ की विभिन्न इकाइयों की प्रतिदिन ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता चार सौ बासठ मीटरिक टन है सामान्य परिस्थितियों में राज्य की स्टील निर्माता कंपनियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती है लेकिन केन्द्र सरकार ने कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उत्पादित ऑक्सीजन के औद्योगिक उपयोग पर रोक लगा दी है मुख्यमंत्री ने पत्र में यह भी लिखा है कि कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार हो रहा है ऑक्सीजन की कमी के कारण राज्य की सभी स्टील कंपनियां बंद पड़ी हैं जिसके कारण लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं इन परिस्थतियों को देखते हुए राज्य की स्टील निर्माता इकाइयों को प्रदेश में उत्पादित ऑक्सीजन का बीस प्रतिशत उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाए

तकनीकी समस्या के कारण आम नागरिकों को टीकाकरण में होने वाली परेशानियों से बचाने के लिए पोर्टल की निरंतर निगरानी की जा रही है सर्वर के लिए पर्याप्त मानव संसाधन की व्यवस्था की गई है अब यह पोर्टल सुचारू ढंग से कार्य कर रहा है

इस बीच पोर्टल के जरिए कल शाम तक तीन लाख छियालीस हजार से अधिक लोगों का पंजीयन किया जा चुका है राज्यपाल कार्यशाला राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज हेमचंद विश्वविद्यालय दुर्ग के तत्वावधान में आयोजित जल संरक्षण कैच द रेन विषय पर आयोजित ऑनलाइन कार्यशाला को संबोधित किया उन्होंने कहा कि जल को व्यर्थ बर्बाद न करें सीमित मात्रा में ही जल का उपयोग करें सुश्री उइके ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री ने वर्षा जल को संचित करने के लिए नदी जोड़ो अभियान की परिकल्पना की थी जो देश के लिए अदभूत परियोजना थी राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कैच द रेन शब्द का उपयोग किया है जिसका तात्पर्य रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हैं उन्होंने कहा कि हम सभी का यह दायित्व है कि अपने अपने शैक्षणिक संस्थानों तथा आवासों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली अवश्य स्थापित करें स्वास्थ्य सेवा छत्तीसगढ़ हेल्थ और वेलनेस सेंटरों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में देश में छत्तीसगढ़ का दूसरा स्थान है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लक्ष्य को पूरा करने और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए अंतिम तिमाही में राज्यों की रैंकिंग में पूरे देश में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है इस सूची में कर्नाटक पहले स्थान पर हैं

इस हमले में मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है मिली जानकारी के अनुसार आसपास के ग्रामीण पिछले कुछ दिनों से सिलगेर सीआरपीएफ कैम्प का विरोध कर रहे थे इसी सिलसिले में आज बड़ी संख्या में ग्रामीण कैम्प के पास जुटे हुए थे इस दौरान ग्रामीणों की आड़ में माओवादियों द्वारा फायरिंग की गई सुरक्षा बलों की टीम ने भी जवाबी फायरिंग की इस गोलीबारी में तीन लोगों की मौत हो गई

बस्तर आईजी ने बताया कि माओवादियों ने ग्रामीणों को भ्रामक जानकारी देकर कैम्प का विरोध करने भेजा था लेकिन प्रशासन द्वारा ग्रामीणों को समझाकर वापस भेज दिया गया था इसके बाद आज दोपहर बड़ी संख्या में गांव के लोग कैम्प के पास इकट्ठा हो गए इस बीच ग्रामीणों की आड़ लेकर माओवादी कैम्प तक पहुंच गए और अचानक फायरिंग शुरू कर दी सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की घटना के बाद इलाके की सर्चिंग की गई जिसमें तीन शव बरामद किए गए हैं जिनकी शिनाख्त की जा रही है इलाके में सर्चिंग तेज कर दी गई हैं स्थिति नियंत्रण में हैं आईजी ने बताया कि मामले की जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी भाजपा सम्मान निधि केन्द्र सरकार की किसान सम्मान निधि की आठवीं किश्त से छत्तीसगढ़ के छब्बीस लाख किसानों को पांच सौ बीस करोड़ रूपए का लाभ हुआ है भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रभारी संदीप शर्मा ने बताया कि केन्द्र सरकार की इस योजना से किसानों को बड़ी राहत मिली है उन्होंने खाद के दामों में बढ़ोतरी को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर भ्रम फैला रही है उन्होंने कहा कि राज्य में अनुमानित आवश्यकता का पचास प्रतिशत खाद का भंडारण पुराने दर पर हो चुका है डीएपी को छोड़कर यूरिया और राखड़ के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हई है जबकि पोटाश के दाम में प्रति बोरी छह प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी की गई है श्री शर्मा ने कहा कि केन्द्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का कथित धरना सिर्फ दिखावे के लिए हैं अधिकारी अनशन समाप्त महासमुंद के महिला और बाल विकास अधिकारी सुधाकर बोदले ने आज महिला और बाल विकास विभाग की संचालक दिव्या मिश्रा और कलेक्टर डोमन सिंह के समक्ष अपना अनशन समाप्त कर दिया श्री बोदले कल अपने निवास पर रेडी टू ईट के वितरण में कथित अनियमितता को लेकर अनशन पर बैठ गए थे इस मामले में आज दो स्व सहायता समूहों को बर्खास्त करने के साथ ही दो पर्यवेक्षकों को निलंबित कर दिया गया है दिव्या मिश्रा पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि जांच दल द्वारा आज प्रथम दृष्टया रेडी दू ईट गुणवत्तापूर्ण नहीं पाए जाने पर प्रगति महिला स्व सहायता समूह बरोंडा बाजार और एकता महिला स्व सहायता समूह लभराखुर्द को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है साथ ही संबंधित सेक्टर के दो पर्यवेक्षक शशि जायसवाल और दीपमाला तारक को निलंबित कर दिया गया है इसके अलावा जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज सिन्हा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कृषि विवि प्रवेश परीक्षा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों एमएससी कृषि उद्यानिकी वानिकी और एमटेक कृषि अभियांत्रिकी में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीईटी का आयोजन अगले महीने जून में किया जाएगा परीक्षा की तारीख अभी तय नहीं की गई है इसी तरह पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए नई दिल्ली द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा के माध्यम से दिया जाएगा मौसम चक्रवाती तूफान ताऊ ते का राज्य में सीधा असर पड़ने की संभावना नही है मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में इसके असर से हल्की बारिश हो सकती है आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि एक द्रोणिका दक्षिण पूर्व अरब सागर में स्थित प्रबल चक्रवात ताऊ ते दक्षिण पश्चिम मध्यप्रदेश तक स्थित है इस चक्रवात के कारण प्रदेश में नमी युक्त हवा आ रही है इसके असर से बदली बारिश की संभावना बन रही है